मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संचरण परियोजनाओं का किया उद्घाटन कहा अब पांच की जगह तीन रुपये प्रति यूनिट की दर से मिल सकेगी बिजली नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने को लेकर चाईबासा में हुई अंतर राज्य पुलिस समन्वय समिति की बैठक विस्तृत रणनीति पर हई चर्चा राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढकर चौबीस हजार से अधिक हो गयी है जबकि स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर भी बढकर करीब चौसठ प्रतिशत पहंच गया है वहीं कोरोना संकमण के चेन को तोडने के लिए रांची और पूर्वी सिंहभुम जिलों में आज रैपिड एंटीजन मास टेस्टिंग कार्यक्रम चलाया गया इधर दुमका के जानेमाने चिकित्संक डाक्टर सीतारामच साह का आज निधन हो गया है वे कोरोना संक्रमित थे तबीयत बिगडने के बाद उन्हें कुछ दिनों पूर्व रांची के रामसखी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था इस बीच चतरा जिले के टंडवा में संचालित सीसीएल के आम्रपाली कोल परियोजना में कार्यरत दो अधिकारियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद कार्यालय को चार दिनों के लिए एहतियातन सील कर दिया गया है जिससे कोल परियोजना में कोल उत्पादन से लेकर लोडिंग और डिस्पैच सभी तरह के कार्य बाधित है

केंद्रीय जनजातीय कार्यमंत्री अर्जन मंडा ने कल जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित स्वास्थ्य नाम के ई पोर्टल का उदघाटन किया इसमें भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित समी सुचनाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करायी गयी है

एक टवीट संदेश में श्री मोदी ने कहा है उन्हें इस महीने के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझायों की प्रतीक्षा है

नमो एप और माय गॉव पर भी लिखकर सुझाव भेजे जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से कोविड महामारी के दौरान मानसून के मौसम में आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है उन्होंने कहा कि यह ऊष्ण कटिबंधीय और विषाण जनित बीमारियों का मौसम है इसलिए अधिक ऐहतियात बरतने की जरूरत है श्री मोदी ने कहा कि सरकार भी स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है और प्रभावित लोगों की देखभाल सुनिश्चित कर रही है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

श्री लवासा अगले महीने फिलीपीस स्थित एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेंगे उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंप दिया है और इस महीने के अंत तक उन्हें पदमुक्त करने का अनुरोध किया है पिछले महीने एशियाई विकास बैंक ने उनकी इस पद पर नियुक्ति की घोषणा की थी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्य की संचरण परियोजनाओं और छह ग्रिड सब स्टेशन का ऑनलाइन उदघाटन किया इन योजनाओं के लागू होने से गढ़वा जसीडीह गिरिडीह दुमका सरिया और जमुआ के लोगों को फायदा मिलेगा उदघाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आध्रनिक युर्ग में बिजली के बिना विकास की बात करना बेमानी है श्री सोरेन ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना संकमण काल में छह छह ग्रिड सब स्टेशन का उदघाटन यह दर्शाता है कि राज्य सरकार जनहित और समी को आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए राज्य प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि वैश्विक आपदा से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है लॉकडाउन के दौरान राज्य में किसी की भूख से मौत न हो इसके लिए सरकार की ओर से पर्याप्त कदम उठाये गये वहीं पूर्ण तालाबंदी के दौरान लोगों को जीवन के साथ जीविका उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किये जा रहे हैं

कोल्हान प्रक्षेत्र के डीआईजी राजीव रंजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में नक्सलियों की अंतर राज्य गतिविधियों के बारे में सुचनाओं का आदान प्रदान किया गया श्री रंजने ने बताया कि बैठक के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं के बारे में भी विचार विमर्श हआ और उनके समाधान के लिए रणनीति भी बनाई गई नक्सल प्रभावित इलाकों के युवकों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए भारत सरकार विशेष अनुदान राशि दे रही है

महामारी के कारण बेरोजगार खिलाड़ियों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है

हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम ने कहा कि इस पहल का उदेश्य खिलाडियों को बुनियादी वित्तीय राहत उपलब्ध कराना है

रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के यैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस अवधि में तीन जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हई जबकि तेरह जिलों में सामान्य और आठ जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई

संक्षिप्त खबरें ग्रमला जिला के घाघरा थाना अंतर्गत देवाकी धाम के समीप बहे दो लोगों के शव को आज बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया

पाकड जिले के उपायक्त कलदीप चौधरी की अध्यक्षता में आज हई बैठक में जिले में सैतीस सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण की स्वीकृति दी गयी